लेह के बाद अंडमान निकोबार से भी निजी विमान के जरिये झारखंड पहुंचा एक सौ त् छियासी प्रवासी कामगारों का जत्था रांची से सुरक्षित बसों द्वारा गृह जिलों के लिए हुए रवाना

प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े संकट की घड़ी में निश्चित रूप से यह दावा नहीं किया जा सकता कि किसी को असुविधा या परेशानी नहीं हई उन्होंने कहा कि हमारे मजदूरों प्रवासी कामगारों लघु उद्योगों के शिल्पकारों दस्तकारों हॉकरों और अन्य लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है

बाकी क्षेत्रों में चरणबद्द तरीके से लॉक डाउन में ढील दी जाएगी रात्रि कर्फ्यू में भी ढील दी गयी है और इसकी अवधि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक के लिए निर्धारित की गयी है धार्मिक स्थल शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट आठ जून से खूलेंगे हालांकि स्कूल और कॉलेज खोलने के बारे में निर्णय जुलाई महीने में किया जाएगा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ्य होने की दर बढ़कर सैंतालीस प्रतिशत से अधिक हो गई है अब तक बयासी हजार तीन सौ सत्तर लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं

किसी एक दिन में संक्रमितों की यह सर्वाधिक संख्या है इन्हें मिलाकर संक्रमित व्यक्तियों की कल संख्या एक लाख तिरेपन हजार सात सौ तिरेसठ हो गई है

राज्य में भले ही कोरोना संकमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट भी उसी रफ्तार में बढ़ रहा है उपचार के बाद ठीक होनेवाले मरीजों की संख्या बढ़कर दो सौ उनचालीस तक जा पहंची है आज कोडरमा में एक साथ उन्नीस लोगों के स्वस्थ होने की खबर है इन सभी को अस्पताल से छटटी दे दी गयी है इधर पष्चिमी सिंहभूम जिले में भी एक संक्रमित महिला की तीसरी रिपोर्ट भी निगेटिव आने के बाद को आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी उधर रामगढ़ जिले में तीन व्यक्ति कोरोना संकमण से मुक्त हो गये हैं

इस बीच सिमडेगा जिले में एक और कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है अहमदाबाद से आये इस प्रवासी मजदूर को आईसोलेषन वार्ड में भर्ती कराया गया है

राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोगता ने आज लातेहार के चंदवा में कोरेंटीन सेंटर का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रवासी मजदूरों का सर्वे कर डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि उन्हें उनकी दक्षता के अनुसार रोजगार से जोड़ा जा सके कोरोना वायरस से बचाव के लिए पाकुड़ स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों ने फुट ऑपरेटेड सेनिटाइजर डिस्पेंसर स्टैंड का आविष्कार किया है

जमषेदपुर में मानगो नगर निगम जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जुगसलाई नगरपालिका जुस्को और पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद श्री गुप्ता ने कहा कि पेयजल के अलावा साफ सफाई पर सरकार का विषेष ध्यान है

बिरसा मुंडा हवाई अडडे पर प्रोटोकॉल अधिकारियों ने इन प्रवासी कामगारों का स्वागत किया कामगारों की स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें सुरक्षित बसों द्वारा उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट संदेष के जरिये वापस लौटनेवाले कामगारों को शुभकामनायें दी

इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में सभी लोगों को अपना सहयोग देना चाहिए

मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह पैंसठवीं कड़ी होगी

यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी से मन की बात के हिंदी प्रसारण के तुरन्त बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रनः प्रसारण शाम को आठ बजे किया जाएगा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नामांकन के लिए होनेवाली काउंसिलिंग के उपरांत एक चक स्पॉट काउंसिलिंग कराने का निर्देष झारखंड संयुक्त प्रवेष प्रतियोगिता पर्षद को दिया है

रांची स्थित जीईएल चर्च केन्द्रीय परिषद ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में पांच लाख रूपये का सहयोग दिया है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहेबगंज जिले में पुलिस हिरासत में मौत मामले में उनके आश्रितों को तीन लाख रूपये मुआवजा देर्न के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है

हजारीबाग जिले की पुलिस ने अपहरण और हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है

समाप्त